तेलंगाना से आज देर रात एक हजार दो सौ प्रवासी मजदूर पहुंचेगें मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा राजस्थान से राज्य के छात्रों को लेकर दो विषेष रेलगाड़ी झारखण्ड के लिए रवाना होगी

जिलों को तीन जोन में बांटा गया है ग्रीन ऑरेंज और रेड ग्रीन जोन में इस दौरान हालांकि सारी आर्थिक गतिविधियाँ संचालित हो सकेंगी इन इलाकों में पच्चास फीसदी पैसेंजर के साथ बसें भी चल सकेंगी ऑरेंज जोन में हालाँकि बस नहीं चलेंगी लेकिन वहां भी काफी छूट दी गयी है ग्रीन जोन में सिमित सेवाएं चालू रहेंगी लेकिन रेड जोन में होटल रेस्तरा मंदिर सैलून और सामाजिक समारोह पूरी तरह बंद रहेंगे सभी जोन में गतिविधियां सीमित रहेंगी और स्कूल कॉलेज बंद रहेगें रेड जोन में कुछ और छूट दी गयी है जिसका दिशा निर्देश गृह मंत्रालय बाद में जारी करेगा राज्य के एक हजार दो सौ प्रवासी मजदूर विषेष रेलगाड़ी के माध्यम से आज हटिया स्टेषन पहुंचेगें वहीं से ये बसों के माध्यम से अपने गृह जिले भेजे जाएगें इन मजदूरों को भेजने के लिए लगभग पच्चास सेनेटाइज बसों की व्यवस्था की गई है प्रवासी मजदूरों के आगमन और उन्हें घर तक पहुंचाने के उददेष्य से आज रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक हई

इस बैठक में सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि जो भी प्रवासी मजदूर झारखण्ड आएंगे उनके हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उन्हें लेने कोई भी परिजन नहीं आएंगे सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी तेलंगाना के लिंगमपल्ली से एक हजार दौ सौ प्रवासी कामगारों को लेकर एक रेलगाड़ी के आज रात ग्यारह बजे तक हटिया स्टेशन पहुंचने की संभावना है

यह रेलगाड़ी आज रात नौ बजे कोटा से रांची के लिए रवाना होगी इस बीच मुख्यमंत्री ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है

केन्द्र सरकार और तेलंगाना सरकार के तेलंगाना में फंसे राज्य के एक हजार दो सौ मजदूरों को उनके घर रेलगाड़ी से भेज रही है इसकेलिए वे बधाई के पात्र हैं

उनका हौसला अफजाई करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि झारखण्ड पुलिस के जवान और पदाधिकारी जिस तत्परता से लोगों की मदद तथा लॉ एंड आर्डर का अनुपालन करा रहे हैं वह सराहनीय है मुख्यमंत्री ने पोड़याहाट के दुर्गम पहाड़ियों में बसे एक गांव की गर्भवती महिला को अस्पताल पहँचाने पर इनकी सराहना की

आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए डाक कर्मी लोगों के घरों तक पहुंच कर उन्हें नकदी उपलब्ध करा रहे हैं

राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन ने कहा कि अब रोगियों के ठीक होने की दर बढने से विधिवत और व्यापक मानदंड के आधार पर विभिन्न जोन में जिलों की पहचान की जा रही है हॉटस्पॉट या रेड जोन ओरेंज जोन और ग्रीन जोन के रूप में पहले निर्धारित किए गए जिलों की पहचान प्राथमिक रूप से संक्रमण के समग्र मामलों और रोगियों की संख्या दुगुनी होने की दर के आधार पर की गई थी

क्षेत्र के आधार पर सुझावों और राज्य स्तर पर अतिरिक्त विश्लेषण के बाद राज्य अतिरिक्त रेड या ओरेंज जोन की पहचान कर सकते हैं लेकिन वे रेड या ओरेंज के रूप में जिलों के जोनल वर्गीकरण पर छूट नहीं दे सकेंगे अधिकारी ने वायरस के फैलने की कड़ी तोड़ने के लिए रेड और ओरेंज जोन में आवश्यक कार्रवाई पर बल दिया स्वास्थ्य सचिव ने अगले सप्ताह के लिए रेड ओरेंज और ग्रीन जोन के रूप में पहचाने गए जिलों की सूची भी जारी की

यह संख्या बढ़ कर पैंतिस हजार तैंतालीस हो गई है आज कोरोना के एक हजार नौ सौ तिरानवे नये केस दर्ज किये गये वहीं सकिय मामलों की संख्या पचीस हजार सात है जिनका इलाज किया जा रहा है पिछले चौबीस घंटे में पांच सौ चौसठ रोगी स्वस्थ्य हए हैं

मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है बीडी राम ने बताया कि देश के अन्य राज्यों में फंसे मजदूर उनके संपर्क में है

कोई भी व्यक्ति टेक्स्ट ऑडियो और वीडियो सहित किसी भी सोशल मीडिया संदेश को प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए पीआईबी फैक्ट चेक पर प्रस्तुत कर सकता है